प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वांचल को चिकित्सा और कृषि शोध के क्षेत्र में देश का बड़ा हब बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है श्री मोदी आज गाजोपुर में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे बाइट आज पूर्वांचल को देश का एक बड़ा मेडिकल हब बनाने का कृषि से जुड़े शोध का महत्वपूर्ण सेंटर बनाने और यूपी के लघु उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी करते हुए कहा कि जिन महापुरूषों ने भारत की सुरक्षा में योगदान किया है उनकी स्मृति को मिटने नहीं दिया जायेगा और पुरातन संस्कृति के स्वर्णिम पन्नों पर धूल नहीं जमने दी जायेगी बाइट महाराजा सुहेलदेव के उनके महान कार्यो को हिन्दुस्तान के हर कोने में हर घर में पहुंचाने का एक नम् प्रयास है इस पोस्टल स्टैंप के माध्यम से होने वाला है साथियों महाराजा सुहेलदेव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने माँ भारती के सम्मान के लिये संघर्ष किया श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और हर तबके को गरिमा के साथ जीने की सुविधा देने के लिए कई कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा योजना सहित कई योजनाएं संचालित की है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को प्रगति पर ले जाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित करने के साथ साथ प्रदेशवासियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रयासरत है

बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसो पहुंचे जहां उन्होंने दीनदयाल हस्तकला संकुल में बुनकरों से संवाद करते हुए कहा कि उनकी सरकार बुनकरों के कल्याण के लिये हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया मिशन को और अधिक मजबूती देने के लिये प्रतिबद्ध है एक जिला एक उत्पाद योजना भी इसी मिशन का विस्तार है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सभी परियोजनाओं के मूल में जीवन और कारोबार को सुगम बनाने की अवधारणा है बाइट आज यहां जितनी भी योजनाओं या परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है उन सभी के मूल में एक बात प्रमुख है और वह बात है जीवन आसान हो व्यापार कारोबार आसान हो इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी जीवन भी सरल हो सुगम हो और व्यापार कारोबार करना भी आसान हो

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रसारण दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले टीवी चनलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं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

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा

कल रात क्षेत्रीय समाचार एकांश लखनऊ मन की बात कार्यक्रम पर आधारित एक विशेष परिचर्चा का प्रसारण करेगा इसे रात आठ बजे से आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकेगा

यह संस्थाएं महिलाओं और सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर अन्य लोगों को सशक्त बनाने में अहम योगदान देती हैं

उन्होंने कहा कि समग्र समाज के लिये बच्चों को बचपन से ही संस्कार दिये जान के साथ साथ साहित्य संस्कृति और कला में निपुण बनाया जाना चाहिये

प्रदेश सरकार ने बस्ती ज़िला चिकित्सालय को राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया है चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टण्डन न बताया है कि निर्णय के मूताबिक जिला चिकित्सालय में संचालित तीन सौ शैय्याओं और महिला चिकित्सालय में संचालित एक सौ पैंतालीस शैय्याओं के अलावा ज़िला चिकित्सालय परिसर में दो सौ बिस्तरों वाला एकेडमिक ब्लॉक डॉक्टरों के लिये आवासीय परिसर और छात्रावास बनाया जायेगा श्री टण्डन ने बताया कि इन सभी भवनों और अन्य सुविधाओं के लिये ज़िला चिकित्सालय से आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामपुर में लगभग पन्द्रह एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने बताया कि शैक्षिक सत्र दो हजार उन्नीस बीस में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की इजाजत के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और केन्द्र सरकार को आवेदन किया जा चुका है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए दंड कड़ा करने के उद्देश्य से बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम में संशोधन की मंजरी दे दी है कल नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बाल यौन अपराध की प्रवृति को रोकने के उद्देश्य से एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए इस अधिनियम की धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है बच्चों को सेक्सुअल हमले से बचाया जाए

दंड की अवधि को बढाया है जो एग्रावेटिड सेक्सुअल ऑफेसेंस होते हैं उसमें डेथ पेनाल्टी भी दिया है जो बच्चों के साथ बाकि जो अननेचुरल ऑफेसेंस होते हैं उसको भी काफी मजबूत किया गया है